शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि तमिलनाडु और पुद्दचेरी के लिए समय बदला जाएगा लेकिन इसकी अवधि दो घंटे से अधिक नहीं होगी न्यायाधीश न्यायमूर्ति एकेसीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने इस बात पर भी गौर किया कि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की व्यवस्था दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए दी गई थी न कि पूरे देश के लिए

तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष न्यायालय से राज्य की परंपरा के अनुसार दिवाली पर सवेरे पटाखे फोड़ने का आग्रह किया था

दूरदर्शन समाचार के तीन लोगों की एक टीम आज चुनाव कवरेज के लिए छत्तीसगढ के दंतेवाडा जिले के अरनपुर इलाके में गई हई थी जिला पुलिस बल की एक टीम इनकी सुरक्षा के लिए तैनात थी

पुलिस जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की इस मुठभेड़ में द्रदर्शन न्यूज के कैमरामेन अच्युतानंद साह एक ए एस आई रूद्रप्रताप सिंह और एक कांस्टेबल मंगल राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई वहीं पुलिस के दो अन्य जवान घायल हो गए बस्तर रेंज के डीआईजी ने बताया है कि अतिरिक्त पुलिस बल तत्काल मौके की ओर रवाना किया गया है और सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है

प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने भी दूरदर्शन के कैमरामैन और सुरक्षाकर्मियों के नक्सली हमले में शहीद होने पर दुख व्यक्त किया है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेमपति ने छत्तीसगढ़में विघानसभा चुनाव की कवरेज में तैनात दूरदर्शन की बहादुर टीम के प्रति एकजुटता व्यक्त की है

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित करने का समारोह सरदारपटेल को उनकी एक सौ उनचासवीं जयंती पर विशेष श्रद्धांजलि होगी इस समारोह के अनेक आकर्षण होंगे

सरदार पटेलके जीवन और कार्य को प्रदर्शित करने वाला म्यूजियम वैली ऑफ फ्लावर्स श्रेष्ठ भारतभवन और टेंट सिटी अन्य बड़े आकर्षण हैं प्रदेश में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा इस मौके पर सभी राजकीय अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय एकता की शपथ लेंगे तथा रन फोर यूनिटी का आयोजन होगा जयपुर में रन फोर यूनिटी की शुरूआत रामनिवास बाग से होगी इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि कार्यक्रम भी होगा वहीं शाम को छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक आरएसी पुलिस र्बेण्ड वादन एनसीसी स्कॉउट गाईड का मार्चपास्ट और एमजीडी स्कूल के छात्र छात्राओं का बैण्ड वादन होगा रीजनल आउटरीच ब्यूरो जयपुर द्वारा कल इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से इस मौके पर एकता दौड़ आयोजित की जाएगी

आज लगातार दूसरे दिन भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशियों के पैनल बनाने को लेकर चर्चा का दौर जारी रहा जयपुर में भाजपा के प्रमुख नेताओं ने दो दिन चली मैराथन बैठकों के बाद आज संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार ेकर ली है इस सूची को भाजपा संसदीय बोर्ड को अंतिम निर्णय के लिए भेजा जाएगा भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने बताया कि भाजपा संसदीय बोर्ड उचित समय पर सही निर्णय करेगा दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में आज दूसरे दिन भी लगातार स्कीनिंग कमेटी की बैठक हुई बैठक में स्कीनिंग कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलेजा सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि समी को सुनने के बाद आम राय से प्रत्याशियों का फैसला किया जाएगा

नाथद्वारा के कांग्रेस नेता और कोठारिया राज परिवार के प्रमुख महेश प्रताप सिंह आज भाजपा में शामिल हो गए श्री सिंह ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की मौजूदगी में आज जयपुर में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि उन्हें कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही थी इसलिए वे वापस भाजपा में लौट आए हैं

उन्होंने मौसमी बीमारियों से संबंधित आउटब्रेक की सूचना मिलते ही रैपिड एक्शन फोर्स भेजने के मी निर्देश दिए साथ ही उन्होंने निरन्तर रूप से लार्वारोधी गतिविधियां चलाए जाने को कहा

अलवर के बानसूर कस्बे के पास आज एक मोटरसाइकिल के अज्ञात वाहन से टकरा जाने से दो लोगों की मौत हो गयी साथ ही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया भरतपुर में आयुर्वेद विमाग की ओर से स्वास्थ्य जागरूकता के संदर्भ में रैली निकाली गयी ै रैली में बेटी बचाओ बेटी पढाओ और पेड़ लगाओ का संदेश भी दिया गया जयपुर के मालवीय नगर थाना क्षेत्र में आज एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रूपए का सामान जलकर राख हो गया सवाईमाघोपुर जिला निर्वाचन अधिकारी पी सी पवन ने आज सभी राजनैतिक दलों को निर्देशित किया है कि वे निजी भवनों पर चुनाव प्रचार करने से पूर्व लिखित में अनुमति प्राप्त करें

उन्होंने कहा कि शिक्षा आर्थिक वृद्धि और सामाजिक बदलाव का एक प्रमुख साधन है

यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है